प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक पांवटा साहिब में सम्पन्न पोषण अभियान के तहत प्रदेश में लोगों को कुपोषण व अनीमिया के बारे में किया जा रहा है जागरूक शिक्षा विभाग ने स्कूलों और कॉलेजों के अध्यापकों को पहले की तरह ड्यूटी पर आने के दिए निर्देश

कांगड़ा जिले के टांडा मैडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना वायरस के दो संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट आ गई है और उनमें इस वायरस की लक्षण नहीं पाए गए हैं कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि जिले में अभी तक कोरोना वायरस के पांच संदिग्ध मामले आए हैं और जांच के बाद इनमें कोरोना वायरस नहीं पाया गया है इधर सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज को भर्ती कराया गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनके गुप्ता ने बताया कि मरीज को अलग वार्ड में रखा गया है और उसके खून के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं

शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने जिले के सभी बैंकों से अपनी शाखाओं को सैनेटाइज करने और एटीएम मशीनों की निरंतर सफाई करने के निर्देश दिए हैं

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि जिले में विदेशी पर्यटकों की आमद को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला सहित अन्य स्थानों पर नागरिक आपूर्ति की दुकानों में मास्क और सैनेटाइजर की जमाखोरी की जा रही है और लोगों को यह महंगी दरों पर बेचे जा रहे हैं राठौर ने कहा कि कोरोना वायरस एक महामारी है और ऐसे में सरकार को मास्क व सैनेटाइजर मुफ्त बांटने चाहिए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जहां सभी बैठकें रदद कर दी है वहीं भाजपा बैठकें करने में व्यस्त है मास्क जमाखोरी इस बीच राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मास्क और सैनेटाइजर की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने इन्हें अनिवार्य वस्तुएं घोषित किया है और जमाखोरी व मुनाफाखोरी करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा भाजपा प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक आज सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में सम्पन्न हो गई समापन सत्र को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं और हिमकेयर योजना के माध्यम से जनता को बहत लाभ मिला है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से प्रदेश में पहली बार आयोजित की गई ग्लोबल इन्वेस्टरस मीट ऐतिहासिक रही है और इससे युवाओं को बडे पैमाने पर रोजगार मिलेगा मुख्यमंत्री ने कार्यसमिति के सभी सदस्यों से अनेक योजनाओं की सब्सिडी छोड़ने का आहवान किया ताकि देश व प्रदेश को लाभ मिल सके इस बीच पहले सत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संवैधानिक अधिष्ठान विषय पर कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन किया उन्होंने कहा कि आजादी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत का जो सपना संजोया था उसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साकार किया है राजनीतिक प्रस्ताव इस बीच बैठक के दूसरे दिन कार्यसमिति ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार के दो वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकर को बधाई दी प्रस्ताव में कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का लक्ष्य लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों का सर्वागीण विकास किया है वर्तमान सरकार ने प्रदेशवासियों के जीवन में सुधार लाने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजनीति से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है

इन दिनों चल रहे पोषण पखवाड़े के तहत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

राज्य के चंबा व कुल्लू जिलों में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को पोषण व स्वच्छता के संबंध में बताया जा रहा है

अधिसुचना प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों और कॉलेजों के अध्यापकों व अन्य स्टाफ को पहले की तरह ही ड्यूटी पर आने के आदेश दिए हैं उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा द्वारा आज जारी निर्देश में कहा गया है कि अगले आदेश तक अध्यापकों व अन्य स्टाफ को पहले की तरह ही ड्यूटी पर आना होगा

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा में उपयोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं

विक्रमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार पर पुलिस कॉन्स्टेबलों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है

जनजीवन लाहौल स्पीति जिले में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौटा है और अधिकांश सड़कें यातायात के लिए अवरूद्ध है रात के समय तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे चला जाता है जिसके कारण पानी जम रहा है इस बीच राज्य के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा